कहा राज्य सरकार शिक्षा तंत्र में सुधार करने के लिए लगातार प्रयासरत है प्राकृतिक तेल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज देहरादून से पीसी आरए वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया अगले तीन दिनों में गढ़वाल और कुमाऊवं मण्डल के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना राज्य में जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन

कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या पर चिन्ता व्यक्त की है देहरादून के एक सरकारी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में योग्य शिक्षकों के होने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या का घटना एक गंभीर विषय है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत पर बल देते हुए श्री रावत ने कहा कि विद्यार्थियों के चहमुखी विकास के लिए विद्यालयों को प्रयास करने होंगे उन्होंने बताया कि प्रदेश के विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तके लागू की गई है और राज्य सरकार शिक्षा तंत्र में सुधार करने की लगातार कोशिश कर रही है लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के नवनिर्मित कार्यालय का विधिवत लोकापर्ण किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सभी कार्यालय एक ही स्थान पर होने से आमजन को सुविधा होगी

रवाना प्राकृतिक तेल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उददेश्य से आज अपर पुलिस महानिदेशक अर्शोक कुमार ने पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया पीसीआरए एक सरकारी एजेंसी है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत स्थापित है यह एजेंसी विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढावा देने में जुटी हुई है पीसीआरए का लक्ष्य तेल संरक्षण को राष्ट्रीय आन्दोलन बनाना है इस एजेंसी को पेट्रोलियम उत्पादों और उत्सर्जन में कमी के महत्व विधियों और लाभों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के काम को सौंपा गया है

अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजधानी में हुए अतिक्रमण को हटाने मेँ किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान शहर की सड़कों पर हए गड़ढों को भरने का काम किया जा रहा है श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये हैं कि शहर में जिन स्थानों पर सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है ऐसे स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शीघ्रता के साथ की जाए उन्होंने कहा कि जिन स्थानों से अतिक्रण को हटा दिया गया है उन स्थलों पर पड़े मलबे के ढ़ेर का जल्द निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्क्तें न हों राजधानी में अभी तक चार हजार पांच सौ छब्बीस अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण सात हजार आठ सौ इक्कीस अतिक्रमणों का चिन्हीकरण और एक सौ सत्रह भवनों के सीलिंग का कार्य किया जा चुका है उन्नति योजना केंद्र सरकार की सबके लिए सस्ते बल्ब यानी उन्नति योजना से चमोली जिले के घर घर रोशन हो रहे हैं उन्नति योजना के तहत सरकार ने कम दामों में एलईडी बल्बों की बिक्री से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा है गांवों में भी एलईडी बल्ब पहुंचने से ग्रामीणों को जहां बिजली का बिल पहले के मुकाबले कम देना पड़ रहा है वहीं दूसरी ऑर बिजली की खपत भी कम हो रही है

सरकार ने सस्ते दामों पर बल्ब बेचने के लिये हर पोस्ट ऑफिस में एक काउन्टर बनाया है जहां से कोई भी अपना आधार कार्ड और मोबाइल नम्बर देकर एलईडी बल्ब खरीद सकता है

लाभार्थियों का कहना है कि एलईडी बल्ब में बिजली की खपत बहुत कम है और इसके खराब होने की आशंका भी कम होती है

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सबके लिए सस्ते बल्ब योजना की शुरूआत की है इस योजना का मकसद बिजली के बिलों और खपत में कमी करना है मौसम भूस्खलन प्रदेश के विभिन्न स्थानों में पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश से आम जन जीवन प्रभावित हुआ है

हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के समीप बह रही है इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दिनों में नैनीताल चम्पावत ऊधमसिंह नगर चमोली रूद्रप्रयाग हरिद्वार पौड़ी और देहरादून में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को विशेष तौर पर सतर्क रहने और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी है इधर भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए राज्यभर में जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है भारी बारिश और आपदा की स्थिति में सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं आयकर रिटर्न इस वर्ष आयकर रिटर्न की संख्या अब तक पांच करोड़ हो चुकी है

अधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न भरे जाने से साफ है कि लोग आयकर कानून का पालन कर रहे हैं और यह सरकारी वित्त व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत हैं वेतन भोगी तथा व्यापार और अन्य पेशे से जुड़े लोगों के लिए बिना लेखा परीक्षा कराए आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है रिटर्न भरने के लिए आखिरी समय में होने वाली भीड़ को देखते हए यह संख्या और बढेगी

औद्योगिक नीति वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने कहा है कि सरकार प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिये बेहतर औद्योगिक नीति बना कर उन्हें आमंत्रित कर रही है हल्द्वानी में श्री पंत ने बताया कि राज्य में स्थपित सिडकुल और अन्य औद्योगिक संस्थानों के अवस्थापना विकास के लिए भी जल्द कई निर्णय लिए जायेर्गे

श्री पन्त ने कहा कि सरकार राज्य में पर्यटन हॉस्पिटैलिटी राफिटंग और अन्य उद्योगों के माध्यम से राज्य की स्थायी आर्थिकी मजबूत करने का भरसक प्रयास कर रहे है उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने और इसके जरिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने में सफल होगी

राजधानी देहरादून में भी इसके तहत जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैं

पखवाड़ा मनाये जाने का उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता पैदा करना है दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए विधायक खजान दास ने कहा कि नेत्रदान महादान होता है और उन्होंने भी नेत्रदान करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा नेत्रदान महादान का संदेश जन जन तक पहुंचे इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है